युनाईटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बेनर तले विभिन्न बैंक संगठनों ने इस हडताल का ऐलान किया है जोधपुर में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए फोरम के संयोजक एल एन झालानी ने बताया कि कुछ समय पहले सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की विभिन्न शाखाओं को एकीकृत किया था लेकिन इससे बैंकों का घाटा बढ गया उन्होंने कहा कि सरकार ने अब बैंक ऑफ बढौदा में विजया बैंक और देना बैंक के विलय का निर्णय लिया है जिसका बैंककर्मी विरोध कर रहे है

पूर्व में पंजीकृत मतदाता भी अपना नाम जांच कर जरूरी संशोधन करवा सकेंगे

प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय भूषण पाण्डेय ने कल नई दिल्ली में कहा कि एडमिशन के लिए आधार कार्ड की मांग करना कानूनी प्रावधानों के अनुरूप नहीं है और यह उच्चतम न्यायालय के हाल के आदेश के भी खिलाफ होगा आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने बताया कि प्राधिकरण को खबर मिली है कि कुछ स्कूल एडमिशन के लिए आधार कार्ड की मांग कर रहे हैं प्राधिकरण ने स्कूलों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि आधार कार्ड न होने के कारण किसी भी बच्चे को प्रवेश से वंचित न किया जाए

इफ्को के क्षेत्रीय अधिकारी ने बताया कि आज से किसानों को सरकारी काउंटर से यूरिया का वितरण शुरू कर दिया गया

उन्होंने बताया कि अगले दो दिनों में जिले को एक हजार मीट्रिक टन यूरिया की आपूर्ति और कर दी जायेगी इस बीच बाजार में यूरिया की कालाबाजारी को लेकर कृषि विभाग पूरी तरह से सतर्क हो गया है किसानों के साथ बाजार में यूरिया की खरीद में किसी भी तरह की ठगी न हो इसके लिये विभाग ने जिलेभर में सतर्कता दल गठिंत किये है

इस कार्यक्रम के लिए श्रोता नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं

इस पूल के बनने से आपात स्थिति में सैनिकों को चीन से सटे सीमावर्ति ईलाकों में पहुंचने में आसानी होगी

नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में कल एक समारोह को संबोधित करते हुए श्री जेटली ने कहा कि इस नई शुरुआत की वजह से ही भारत में सामजिक क्षेत्रों को समुदायिक आधार पर अधिक निधियां प्राप्त हो रही हैं वैश्विक प्रणाली की तुलना में देश के स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षण संस्थानों के लिए निधियों की व्यवस्था का विश्लेषण करते हुए श्री जेटली ने कहा कि विकसित देशों में ज्यादातर अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों को बड़े पैमाने पर दान राशि प्राप्त होती है और यह धनराशि इन संस्थानों के पूर्व छात्रों से मिलती है

मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी और न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे बना रहेगा ेकुछ क्षेत्रों में आने वाले दिनों में कोहरा छाये रहने की भी आशंका है प्रदेश में पड़ रही तेज सर्दी से लोगों की दिनचर्या पर असर पड़ रहा है

न्यूनतम तापमान में बढोतरी के बावजूद लोगो को ठण्ड से राहत नहीं मिल रही है चूरू में पारा जमावेबिन्दु पर पहुंच गया है